लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने कहा कि गिरफ्तार किये गये तीनों लोग पोपूलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के सदस्य हैं हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इन्हें लखनऊ और राज्य के अन्य जिलों में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है

पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों की तस्वीरें भी जारी की हैं और आम लोगों से उनकी सूचना देने को कहा है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ इस बीच राज्य में स्थिति सामान्य है और किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा को परतापूर के निकट रोक दिया गया है जो मेरठ जाने का प्रयास कर रहे थे उनका विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गये लोगों के परिवारों से मिलने का कार्यक्रम था पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अत्याचार से पीड़ित होकर भारत आए और भारतीय नागरिकता की मांग करने वाले कई लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वालों से हिंसा रोकने और इस अधिनियम का समर्थन करने की अपील की है बड़ी संख्या में इन पीड़ित लोगों नागरिक समाज के सदस्यों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज नई दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में एक आयोजन में भाग लिया उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कठिन परिस्थितियों में रह रहे थे और उन पर धर्मातरण का दबाव बना हुआ था इन लोगों ने अपने साथ हुए अत्याचार की घटनाओं को साझा किया उन्होंने कहा कि धर्मातरण से बचने और गरिमापूर्ण जीवन की आशा में वे भारत आए हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को भारत में उनकी नागरिकता सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि यह अधिनियम अत्यावार से पीड़ित लोगों को नागरिकता देता है किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनता स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने शहरों में खूले में शौच से मुक्ति का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है पैंतीस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्र खूले में शौच से मुक्त हो गये हैं देश के चार हजार तीन सौ बहत्तर में से चार हजार तीन सौ बीस शहरों ने स्वयं को खूले में शौंच से मुक्त घोषित किया है देश के शहरी भागों को खले में शौच से मुक्त करने के लिए उन्सठ लाख घरों में शौचालय बनाने का लक्ष्य रख गया था लेकिन इससे कहीं अधिक लगभग पैंसठ लाख इक्यासी हजार शौचालय बनाये गये इनके अलावा बड़ी संख्या में शहरों में सार्वजनिक शौचालयों का भी निर्माण कराया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल या एसएमएस से प्राप्त लिंक पर अपने सुझाव दे सकते हैं यह सुझाव इस महीने की अट्ठाईस तारीख तक दिये जा सकते हैं जीएसटी की शुरुआत के बाद सक्रिय करदाताओं की संख्या एक करोड़ इक्कीस लाख से अधिक हो गई है जिनमें से लगभग छाछंठ हजार आठ सौ नए कर दाता हैं कल बेंगलूरू में जीएसटी से जुड़े मंत्रियों के समूह की बैठक में कर चोरी तथा जीएसटी दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे अनेक मृद्दों पर चर्चा हई समृह के अध्यक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बाद में मीडिया को बताया कि कर्रदाताओं की संख्या बढ़ी है लेकिन केवल पन्द्रह प्रतिशत नए करदाता कर चुका रहे हैं श्री सुशील मोदी ने बताया कि अगले वर्ष पहली अप्रैल से सरल और आसान रिटर्न फार्म जारी किए जाएंगे जिन्हें भरना आसान होगा

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में लोकभवन में राज्य आयु विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

उन्होंने कहा कि अगर हम किसानों को औ ाधीय पौधों की खेती के लिए प्रेरित करें तो इससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी